प्रदेश में इंसेफ्लाईटिस से एक सौ अठाईस बच्चों की हुई मौत

गया और औरंगाबाद में डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिमागी बुखार के कारण राज्य में बच्चों की हो रही मौत पर बिहार सरकार और केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को नोटिस जारी किया है आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दोनों पक्षों को चार सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है आयोग ने मीडिया में आयी खबरों में दिमागी बुखार के कारण सौ से अधिक बच्चों की मौत को गंभीरता से लिया है आयोग ने राज्य सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय को रोकथाम के लिये उठाये जा रहे कदमों के बारे में जानकारी देने को कहा है इधर मूजफ्फरपूर समेत राज्य के कई जिलों में इंसेफ्लाईटिस से बच्चों की मौत का सिलसिला जारी है राज्य भर में एक सौ अठाईस बच्चों की दिमागी बुखार के कारण मौत हो चुकी है मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच और केजरीवाल अस्पताल में दिमागी ब्रखार से मृतकों की संख्या बढ़कर एक सौ तीन हो गयी है इन दोनों अस्पतालों में एक सौ इक्यावन बच्चों का इलाज चल रहा है वहीं पूर्वी चंपारण और वैशाली जिले में इस बीमारी से पच्चीस बच्चों की मृत्यु हुई है इधर इस बीमारी से निपटने के लिये और मरीजों को बेहतर चिकित्सा समेत अन्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिये अनेक उपाय किये जा रहे हैं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्द्वन के निर्देश पर मुजफ्फरपूर के श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सत्रह बेड वाला एक विशेष आईसीयू तैयार किया गया है इंसेफ्लाईटिस से अधिक प्रभावित मुजफ्फरपुर के चार प्रखंडों में डॉक्टरों की टीम हालात पर विशेष नजर बनाये हुए है वहीं पड़ोसी जिले पूर्वी चंपारण में जिला प्रशासन ने एईएस के लक्षण वाले बीमार बच्चों की सहायता के लिये एक विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है राज्य सरकार ने इंसेफ्लाईटिस से पीड़ित बच्चों के इलाज का पूरा खर्च वहन करने का फैसला किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि निजी अस्पतालों में हो रहे इलाज पर खर्च को राज्य सरकार वहन करेगी वहीं दिमागी बुखार से पीड़ित मरीजों को अस्पताल तक लाने के लिये एम्बुलेंस और वाहन के खर्च का भी भुगतान किया जायेगा श्री कुमार ने आज पटना में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ दिमागी बुखार से उत्पन्न स्थिति की बैठक के दौरान ये निर्णय लिये उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राज्य में दिमागी ब्रुखार से हो रही बच्चों की मौत का मुद्दा वे केन्द्र सरकार के समक्ष उठायेंगे उन्होंने कहा कि इक्कीस जून को दिल्ली में राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व बैठक में वे इंसेफ्लाईटिस से बड़ी संख्या में बच्चों की मौत को लेकर कोन्द्रीय सहायता की मांग भी करेंगे श्री मोदी ने स्पष्ट किया कि बजट पूर्व बैठक में बिहार के तमाम अन्य मुद्दों के साथ ही दिमागी बुखार से प्रभावित जिलों के प्रखंडों में बच्चों के लिये आईसीयू और वायरल शोध केन्द्र स्थापित करने के लिये बजटीय प्रावधान किये जाने पर केन्द्र का ध्यान आकृष्ट किया जायेगा राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में भीषण लू का प्रकोप जारी है लू की चपेट में आकर पिछले तीन दिनों के दौरान मृतकों की संख्या बढ़कर एक सौ एक हो गयी है आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार पिछले चौबीस घंटे में गया में सबसे अधिक ग्यारह औरंगबाद में तीन जमुई में दो और नवादा में एक व्यक्ति की मौत हुई है औरंगाबाद गया नवादा रोहतास और पटना लू से सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं वहीं कुछ अन्य जिलों से भी आज लू लगने से मौत की खबरें सामने आयी हैं मगध क्षेत्र मध्य और दक्षिणी बिहार के कई इलाकों में तापमान सामान्य से छह से सात डिग्री सेल्सियस अधिक बना हुआ है आज भी पटना गया और भागलपुर में अधिकतम तापमान बयालीस डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया मौसम विज्ञान केन्द्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल भी पटना और आसपास के इलाकों में लू का प्रकोप जारी रहेगा वहीं गया में कल बादल छाये रहने से भीषण गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं इधर भीषण गर्मी को देखते हुए गया जिला प्रशासन ने ऐहतियात के तौर पर निषेधाज्ञा जारी की है जिले में दिन के ग्यारह बजे से चार बजे तक सार्वजनिक सभाओं सांस्कृतिक कार्यक्रमों सार्वजिनक तथा निजी क्षेत्र के निर्माण कार्य और मनरेगा कार्यों पर रोक लगा दी गई है लोगों को लू के दौरान घरों के अंदर रहने की सलाह दी गई है औरंगाबाद और गया में बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के लिए अतिरिक्त डॉक्टरों की तैनाती की गई है सीतामढ़ी के जिलाधिकारी ने भीषण गर्मी को देखते हुए जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को सताईस जून तक बंद रखने को कहा है इधर राज्य सरकार ने सभी जिलों में सरकारी स्कूलों में इस महीने की बाईस तारीख तक पठन पाठन स्थगित रखने के निर्देश दिये हैं राज्य सरकार ने गया और औरंगाबाद में सभी सरकारी अस्पतालों के चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की छूटि्टयां रद्द कर दी हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि अस्पतालों में पचास प्रतिशत बेड लू से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिये आरक्षित किये गये हैं पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों के साथ बदसलूकी और मारपीट के खिलाफ राज्य के सरकारी और निजी अस्पतालों के चिकित्सक भी हड़ताल पर चले गये हैं सरकारी और निजी अस्पतालों में आेपीडी और अन्य सेवाएं बाधित हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने देशव्यापी चौबीस घंटे के हड़ताल का आह्वान किया है विभिन्न जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि ओपीडी सेवाएं बाधित होने से मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है हालांकि आपातकालीन सेवाएं चालू हैं इधर पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल और गया के एएनएमसीएच में डॉक्टरों की हड़ताल के कारण कई आवश्यक ऑपरेशन नहीं हुए संसद सत्र के पहले दिन आज लोकसभा में नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलायी गयी बिहार के कई सांसदों ने हिन्दी और मैथिली में शपथ ली दरभंगा से भाजपा के नवनिर्वाचित सांसद गोपालजी ठाकुर और मधुबनी से अशोक यादव ने मैथिली में शपथ ली इधर महाराजगंज से भाजपा सांसद जर्नादन सिंह सिग्रीवाल और छपरा से भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी की भोजपुरी में शपथ लेने की मांग को लोकसभा महासचिव ने खारिज कर दिया इसके बाद दोनों सांसदों ने हिन्दी में शपथ ली गौरतलब है कि भोजपुरी भाषा संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं है ऐसे में कोई सांसद भोजपुरी में शपथ नहीं ले सकता केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने बहुचर्चित सृजन घोटाला मामले में आज पांच लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है सीबीआई द्वारा पटना की विशेष अदालत में सृजन महिला विकास सहयोग समिति के अध्यक्ष श्रभलक्ष्मी प्रसाद प्रबंधक सरीता झा तत्कालीन सचिव मनोरमा देवी बैंक ऑफ बड़ौदा भागलपुर शाखा के तत्कालीन वरीय प्रबंधक मोहम्मद शरफुद्दीन और बैंक के अधिकारी अतुल रमन के खिलाफ भारतीय दंड विधान और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया है एजेंसी ने ये स्पष्ट किया है कि मामला महिला सशक्तीकरण से जुड़ी योजनाओं की लगभग दो करोड़ रूपये की राशि की धोखाधड़ी जालसाजी आपराधिक षडंयत्र के तहत गबन तथा कोष के अवैध स्थानांतरण का है खगड़िया जिले के भरतखंड प्रलिस आउट पोस्ट के रोड नंबर चौदह में ऑटो रिक्शा और ट्रैक्टर के बीच हुयी टक्कर में दो लोगों की मौत हो गयी तथा चार अन्य घायल हो गये पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्दी थाना क्षेत्र के रामपुर गांव से पुलिस ने नब्बे कार्टन विदेशी शराब बरामद की वैशाली जिले के महआ थाना क्षेत्र के कादिलपुर गांव में चोरो ने सेवानिवृत शिक्षक के घर से छह लाख रुपये मूल्य की संपत्ति चुरा ली सीवान जिले की सत्र अदालत ने हत्या के एक मामले में दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है अदालत ने दोषी पर पंद्रह हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया भागलपुर प्रक्षेत्र के पुलिस उपमहानिरीक्षक विकास वैभव ने जिले के नवगछिया थाना में पदस्थापित पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष लाल बहादुर को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया है भागलपुर जिले के नया नगर के पास ट्रक की चपेट में आने से दो सगी बहनों समेत एक बच्ची की मौत हो गयी हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया

प्रदेश में इंसेफ्लाईटिस से एक सौ अठाईस बच्चों की हुई मौत

गया और औरंगाबाद में डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द